इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग लैब की शुरूआत हो जाने से पौड़ी रुद्रप्रयाग चमोली और टिहरी जिले के लोगों के सैंपल लेने में आसानी होगी

आयुक्त कमांऊ बैठक कुमाऊ मण्डल के आयुक्त नीरज खैरवाल ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए मेडिकल कालेजों और अन्य अस्पतालों में बेड़स की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए है क्मांऊ आयक्त नीरज खैरवाल ने हल्द्वानी में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही

श्री खैरवाल ने कहा कि अन्य प्रदेशों से आने वाले सभी लोगों का अनिवार्य रूप से कोरोना टेस्ट कराए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया है उन्होंने जिलाधिकारी नैनीताल सविन बंसल द्वारा अपनाएं गये चिकित्सा सुविधा मॉडल की तारीफ की है जिसके तहत निजी चिकित्सालयों का अधिग्रहण कर सरकारी दरों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है उन्होंने कहा कि इस माडल का अन्य जिलों में अनुश्रवण किया जाए

ऑनलाइन विधानसभा सवाल कोरोना वायरस के संक्रमण में पूर्णबन्दी के चलते विधानसभा के इस वर्ष के द्वितीय सत्र के लिये विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने समी विधानसभा सदस्यों से क्षेत्र की समस्याओं से सम्बंधित प्रश्न ऑनलाइन प्रेषित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है श्री अग्रवाल कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ज्यादातर विधायी कार्य ऑनलाइन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सामाजिक दूरी का पालन करते हुए किए जा रहे है श्री अग्रवाल ने बताया कि सभी माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा आवंटित अपनी मेल आईडी से विधानसभा सचिवालय को प्रश्न प्रेषित कर सकते है इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि सभी सदस्यों को पूर्णबन्दी समाप्त होने के एक सप्ताह अथवा प्रश्न प्रेषित करने की तिथि से एक माह के भीतर जो भी पहले हो प्रश्न की मूल प्रति विधानसभा के प्रश्न अनुभाग में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा भेंट वार्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की और लॉक डाउन के दौरान विभिन्न स्थानों में फंसे प्रवासियों के मुद्दे पर बात की इस दौरान श्री रावत ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रवासियों की वापसी के लिए सहमति मिल जाने के बाद जल्द ही उनकी वापसी हेतु ठोस प्रयास किए जा रहे हैं इस दौरान श्री भगत ने लॉक डाउन के दौरान पीले राशन कार्ड धारकों को हो रही खाद्यान्न की समस्या निर्माण कार्यों और स्टोन क्रेशर के नियमानुसार संचालन की अनुमति सहित विभिन्न बिन्दुओं पर बात की जिनको देखते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने तत्काल सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए

उत्तराखंड वापसी लाक डाउन के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रदेश के छात्रों पर्यटकों श्रद्धालुओं और अन्य नागरिकों की अब जल्द ही घर वापसी हो सकेगी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने आज गृह मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश दिये वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय गुंज्याल और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शैलेश बगोली को प्रदेश से बाहर फंसे लोगों को वापस लाने की जिम्मेदारी सौपी गयी है वहीं जिलाधिकारी देहराद्न आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि जो भी लोग बाहरी राज्यों से घर वापसी करना चाहते है उनके लिए रजिस्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है रजिस्ट्रेशन हेतु सरकार द्वारा एक लिंक भी जारी किया गया है

जिसको देखते हुए पुलिस कर्मियों के उत्साहवर्धन हेतु उन्हें सम्मानित किये जाने का निर्णय लिया गया है

कृषि मंत्री बैठक केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान देश के ग्रमीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकें और लोगों को रोजगार उपलब्ध हो इसको लेकर सरकार गंभीर है श्री तोमर राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों और सचिवों के साथ वीडियो कान्फेन्सिग के माध्यम से आयोजित बैठक में बोल रहे थे

उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत पर्वतीय राज्यों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति बिखरी और छोटी जोत को देखते हुए व्यक्तिगत कार्य के तहत सब्जी उत्पादन कृषि कार्य को अनुमान्य कार्य की श्रेणी में स्वीकृति प्रदान की जाए संक्षिप्त समाचार मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर प्रदेश में सिने प्रेमियों ने शोक व्यक्त किया है

देहरादून में आज शाम गरज चमक के साथ वारिश से तापमान में कमी आयी है